स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत मिशन शहरी ने खुले में शौच से मुक्ति का अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है

केन्द्र सरकार ने प्रदेश के इंदौर सहित देश के चार नगरों को पांच सितारा शहर घोषित किया

इनके आलावा बड़ी संख्या में शहरों में सार्वजनिक शौचालयों का भी निर्माण कराया गया था आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने सभी सार्वजनिक शौचालयों की गूगल मैप्स पर गिनती करायी है मंत्रिमंडल केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज अटल भू जल योजना को मंजूरी दी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 मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस योजना को पांच वर्ष के अंदर मध्ययप्रदेश उत्तर प्रदेश राजस्थान गुजरात हरियाणा महाराष्ट्र और कर्नाटक में चिन्हित क्षेत्रों में लागू किया जाएगा उन्होंने कहा कि इस योजना से किसानों की आय में बढ़ोत्तरी होगी

मंत्रिमंडल ने एक अन्य फैसले में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस का पद सृजित करने को भी मंजूरी दी उपभोक्ता दिवस देशभर में आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया इसका उददेश्य उपभोक्ता को उसके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना है इस मौके पर खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा प्रदेष के सभी जिलों में आयोजन किये गई हैं ग्वालियर में आयोजित किये गये राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उपभोक्ता संरक्षण मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर शामिल हुये यहां एक प्रदर्शनी भी लगाई गई राज्य दतिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया वहीं गुना शिवपुरी टीकमगढ़ बैतूल बालाघाट रतलाम मंदसौर धार और आगरमालवा में भी कार्यशालाओं का आयोजन हुआ सीएए विरोध नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में कल भोपाल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में संविधान बचाओ न्याय शांति यात्रा निकाली जाएगी

इसके अलावा पार्टी द्वारा कल सभी जिला मुख्यालयो पर भी प्रदर्शन किया जाएगा

उधर भाजपा ने सीएए को लेकर कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है

तो आईये आज जानते हैं नागरिकता संशोधन कानून को लेकर फैली एक और भ्रान्ति और उसकी असलियत के बारे में नागरिकता संशोधन कानून का यह अर्थ कतई नहीं है कि पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गैर कानूनी रूप से भारत आए मुस्लिम अप्रवासियों को वापस भेजा जाएगा बल्कि असलियत यह है कि नागरिकता कानून का किसी भी विदेशी को भारत से बाहर भेजने से कोई लेना देना नहीं है

श्री ढौडियाल को यह पुरस्कार मुस्कुराने लगी हैं झुग्गियां के लिए दिया गया जयंती पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटलबिहारी वाजपेयी की जयंती कल स्वशासन दिवस के रूप में मनाई जाएगी इस दौरान भाजपा द्वारा विभिन्न सेवा कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत रत्न स्वर्गीय वाजपेयी जी की जयंती पर जिला मुख्यालय में भी कई कार्यक्रम होंगे क्रिसमस क्रिसमस का पर्व कल देश के साथ ही प्रदेश में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा ईसाई समुदाय द्वारा प्रभु यीशु के जन्मोत्सव को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जा जाता है

इससे पहले आज क्रिसमस की पूर्व संध्या पर गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई हैं क्रिसमस डे को लेकर ईसाई अनुयायियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है

उधर छिंदवाड़ा और धार में भी चर्च आकर्षक विद्युत रोशनी से सजाए गए हैं यहां प्रभु यीशु के जन्म की झांकी और क्रिसमस ट्री सजाने में बच्चे और युवा जुटे हुए हैं

यहां हल्की बूंदाबांदी से मौसम सुहाना हो गया शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में आज सुबह से रूकरूक कर बारिश का दौर जारी है

इस दौरान उन्होंने पर्याप्त यूरिया उपलब्ध रखने के निर्देश दिए